औधौगिक संगठनों के साथ इस बारे में चर्चा करने के बाद कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि यह प्राधिकरण उपभोक्ता अधिकारों से संबधित सभी मामलों को देखेगा जिसमें भ्रामक विज्ञापन और मिलावटी सामान की बिक्री पर जुर्माना लगाना शामिल है श्री पासवान ने बताया कि प्राधिकरण के अंतर्गत एक शाखा होगी जो सभी मामलों के बारे में जांच करेगी उन्होंने यह भी कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के नियमों को डेढ़ माह के अंदर अंतिम रूप दे दिया जाएगा

यह बैठक नीति आयोग के अध्यक्ष अमिताभ कांत की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में हुई बैठक में इस बीमारी के उपचार की आवश्यक दवा के स्वदेश में ही उत्पादन बढ़ाने और चीन से आयात निर्भरता कम करने के उपायों पर विचार किया गया इससे एक दिन पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा था कि सरकार जल्दी ही घरेलू दवा उद्योग पर कोरोना वायरस के प्रकोप के प्रभावों से निपटने के लिए उपायों की घोषणा करेगी

सरकार महिलाओं के कल्याण के लिए प्रजनन संबंधी अधिकार पर एक विघेयक लायेगी केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति इरानी ने बताया कि इस विधेयक का उद्देश्य देश की प्रत्येक महिला के प्रजनन संबंधी अधिकार को सुनिश्चित करना है एक अन्य बड़े फैसले के तहत अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक बना दिया गया है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण को भी मंजूरी दी है केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया केंद्र सरकार ने इसमें खूले में शौच से मुक्ति पर ध्यान केंद्रित किया है मंत्रिमंडल ने बाइसवे विधि आयोग का गठन करने का भी निर्णय लिया है वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में दस हजार नये किसान उत्पादक संगठनों की स्थापना का फैसला किया गया समिति ने डेयरी क्षेत्र से जुड़े किसानों को कर्ज की दर में ढाई प्रतिशत छूट देने का भी फैसला किया है

गिरिडीह सदर प्रखंड के बेरगी गांव में मिट्टी स्वास्थ्य परीक्षण के बाद किसानों के बीच मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण किया गया है इससे किसान बेहतर उपज कर पा रहे हैं मिट्टी की जांच कराने वाले अशोक प्रसाद वर्मा ने बताते हैं कि मृदा स्वास्थ्य जाँच से किसान को पता चल रहा है कि उनकी जमीन में क्या उत्पादन हो सकता है और कितनी मात्रा में खाद का इस्तेमाल करना है उन्होंने बताया कि जमीन में सोलह पोषक तत्वों की कमी होती है मिट्टी जांच के बाद किसान जैविक खेती कर रहे हैं खाद का प्रयोग भी कम हुआ है

जिला परिवहन पदाधिकारी भगीरथ प्रसाद ने बताया कि जिले में साढ़े उनतीस हजार वाहन मालिकों ने कई वर्षों से टैक्स का लगभग सत्तर करोड़ रूपये जमा नहीं किया है पांच सौ से अधिक लोगों को टैक्स की राशि जमा करने के लिए नोटिस भेजा गया है

श्री भागवत आज रांची में संघ समागम के हजारों स्वयंसेवकों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि समाज के लिए सभी वर्ग एक हैं और देश को आगे बढ़ाने के लिए सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए रांची के रामदयाल मुंडा फ़्टबॉल स्टेडियम में आयोजित संघ समागम में श्री भागवत ने कहा कि हमे मानवता के साथ जीना सीखना होगा और इसके लिए देश से प्यार करना जरूरी है

यह जन जन की आशाओं और आकांक्षाओं का एक पवित्र दस्तावेज है वे कल राजधानी रांची के नामकुम स्थित झारखण्ड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी संस्थान में भारत का संविधान विषय पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहीं थीं उन्होंने कहा कि हमारा संविधान अपने आप में कई विशेषताओं को समेटे हुए हैं इसमें विश्व की लगभग सभी संविधान की विशेषताएं समाहित हैं श्रीमती मुर्मू ने कहा कि संविधान को समझना उसके अनुरूप चलना और उसका पालन करना हम सबका कर्तव्य है

इस दौरान उन्होंने लोगों की शिकायतें सुनी उपायुक्त ने साधन संपन्न लोगों से राशन कार्ड सरेंडर करने को कहा ऐसा नहीं करने पर उन्होंने कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त ने पास के एक स्कूल का निरीक्षण किया और स्कूली बच्चों से पठन पाठन से संबंधित चीजों की जानकारी ली उन्होंने बताया कि स्कूल में पठन पाठन से संबंधित चीजें बढ़िया चल रही हैं

मुख्य सचिव डॉ डीके तिवारी ने राज्य में मादक पदार्थो के उत्पादन बिक्री और उसकी तस्करी पर रोक लगाने के लिए संबंधित विभाग और उसके अधिकारियों को कड़े उपाय करने का निर्देश दिया है वे कल नार्को को ऑर्डिनेशन मैकेनिज्म की बैठक कर रहे थे इस दौरान उन्होंने कहा कि अफीम की खेती पर सेटैलाईट और ड्रोन के जरिये नजर रखी जाएगी और फसल पूरी होने से पहले ही उसे नष्ट कर दिया जाएगा श्री तिवारी ने कहा कि जिन क्षेत्रों में अफीम की खेती पाई जाएगी वहां के अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को नशे के लिए कोडिन युक्त कफ सिरप और नींद की दवाई के इस्तेमाल पर निगरानी रखने का निर्देश दिया

कल सुबह नौ बजे निर्मोही अखाड़ा के महामंडलेश्वर सुखदेव दास मेला का उद्घाटन करेंगे